छत्तीसगढ़ में एक मार्च के बाद विदेश आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाएगी पुलिस

प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए रविवार बाईस मार्च को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कप्यू की अपील की है प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इस जनता कर्फ्यू के दर्भियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर ना निकले ना सड़क पे जाये ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकट्टे हों अपने घरों में ही रहें

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह सहयोग करें उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी का सतर्क और सजग रहना बहुत जरूरी है इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिये दो प्रमुख बातों की आवश्यक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम

केन्द्र सरकार राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचायेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया श्री मोदी ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में जरूरत से अधिक खरीदारी नहीं करने की अपील की कोरोना प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों और इंतजामों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव आरपी मंडल सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर अफवाहों और भ्रामक खबरों से निपटने के लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों से जागरूक और सुरक्षित रहने की भी अपील की है उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हम सब पूरी सतर्कता के साथ आवश्यक कदम उठाकर कोरोना वायरस को हराएंगे

पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस संबंध में पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि जिलों में संचालित सभी ट्रेव्हल्स कंपनी या एजेंट से एक मार्च के बाद विदेश यात्रा करने वाले और विदेश से छत्तीसगढ़ वापस आने वाले सभी व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए जिसमें उनके नाम पता मोबाइल नंबर और यात्रा विवरण का भी उल्लेख हो डीजीपी ने सभी पुलिस इकाईयों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं पुलिस इकाईयों में किसी व्यक्ति के संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर तत्काल जांच कराकर इसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी जाएगी इस बीच कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य शासन ने सभी स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन के रूप में चालीस दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा वहीं मंत्रालय महानदी भवन में आगामी इकतीस मार्च तक बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मंत्रालय में किसी भी प्रकार की बैठक नहीं करने का आग्रह किया है इसी तरह प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान टाईगर रिजर्व और अभयारण्य में आगामी इकतीस मार्च तक पर्यटक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है

नगरीय निकायों में निवासरत् नागरिक अब इस टोल फ्री नंबर में भी कोरोना वारयस से संबंधित शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं राज्य शासन ने आम नागरिकों से सोशल मीडिया पर भ्रामक अपुष्ट और फेक खबरों पर विश्वास न करने और उसे अन्य ग्रुप में प्रसारित नहीं करने की भी अपील की है स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के संबंध में सही जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सुने और व्हाट्सअप इत्यादि की खबरों पर ध्यान न दें स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना वायरस महामारी की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दो दिन पूर्व छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित पहले मरीज का पता चला है वह तेईस वर्षीय महिला विदेश यात्रा के बाद घर आई तो जांच में यह पता चला उन्होंने बताया कि मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर है और वह रायपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती है उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है इधर राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी मस्जिद दरगाह कब्रिस्तान अंजुमन मदरसा यतीमखाना और स्कूल परिसरों में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं कोरोना अलर्ट कोंडागांव जिले के कलेक्टर नीलकंठ टीकाम ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना चिकित्सकीय पर्ची के किसी भी व्यक्ति को सामान्य खांसी बुखार की दवाईयां नहीं देने को निर्देश दिए हैं श्री टीकाम ने आज इस संबंध में मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक ली और चौबीस घंटे सेवाओं को निरंतर जारी रखने का आग्रह किया वहीं कबीरधाम जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने अनुविभागीय राजस्व और तहसील कार्यालयों में राजस्व मामलों की सुनवाई को स्थगित करने के आदेश दिए हैं राजनांदगांव नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य जांच की मांग की है नगर निगम भिलाई में उड़नदस्ता की टीम ने अधिक कीमत पर मास्क बेचने के मामले में कई मेडिकल स्टोर संचालकों पर जुर्माना लगाया है सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे कार्यालय का चक्कर न लगाते हुए व्हाट्सअप और ई मेल आईडी के जरिये अपनी समस्याएं बता सकते हैं उधर कोरिया जिले में प्रशासन ने मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र की किल्हारी पंचायत के साप्ताहिक बाजार को स्थगित कर दिया है बिलासपुर जिले के रतनपुर और मल्हार में नवरात्र पर्व पर आयोजित मेले को भी स्थगित कर दिया गया है रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने बताया कि संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए मातृ शिशु चिकित्सालय में तीस बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है कोरोना ट्रेन रद्द प्लेटफॉर्म टिकट रेल प्रशासन ने कोरोना वायरस के कारण यात्रियों की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए गोंदिया रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस को कल से इकतीस मार्च तक रद्द कर दिया गया है इस बीच रायपुर रेलमंडल ने रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट दस रूपये से बढ़ाकर पचास रूपये कर दिया है यह व्यवस्था कल से उन्नीस अप्रैल तक लागू रहेगी प्लेटफॉर्म टिकट में यह वृद्वि स्टेशनों पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से की गई है स्टेशनों में टिकट लेने के लिए टिकट काउंटरों पर निश्चित दूरी में यात्रियों की लाईन में लगकर टिकट लेने की व्यवस्था भी की गई है रेल प्रशासन ने यात्रियों से स्टेशन पर अनावश्यक आवाजाही नहीं करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री संपत्ति कर प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि इकतीस मार्च से बढ़ाकर अब तीस अप्रैल तक कर दी गई है नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है निकाय क्षेत्रों में मुनादी कराकर करदाताओं को सम्पत्ति कर तथा विवरणी ऑनलाइन जमा करने के लिए सलाह देने कहा गया है राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है वहीं एक दो स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ के ऊपर चक्रवाती घेरा करीब डेढ़ किलोमीटर तक बना हुआ है यहीं से एक द्रोणिका दक्षिण तमिलनाडु तक सक्रिय है जिसका असर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है संक्षिप्त समाचार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने तोंगपाल और फूलबगड़ी इलाके से दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है नौकरी लगाने के नाम पर सात लोगों से करीब बाईस लाख रूपये की ठगी के मामले में दुर्ग पुलिस ने रायपुर के पंडरी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है